पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा है कि केन्द्रीय करों में हिस्सा बढ़ाने की बिहार की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा आज पटना में आद्री द्वारा आयोजित एक सेमिनार में श्री सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की जो भी मांगे होंगी उस पर आयोग गंभीरता के साथ विचार करेगा उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने खर्च घटाकर आय के संसाधन बढ़ाने होंगे ताकि राजकोषीय घाटा को कम किया जा सके सेमिनार में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग उठाते हुए कहा कि यह हमारा हक है श्री चौधरी ने कहा कि पिछड़े जिलों को महत्वाकांक्षी जिला बताने से काम नहीं चलेगा इधर वित्त आयोग की टीम ने पटना में स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की साथ ही उनका राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम है आयोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी बैठक करेगा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि राज्य सरकार केन्द्रीय करों से प्राप्त होने वाली राशि में और अधिक हिस्सेदारी के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग का मॉडल अपनाए जाने की मांग करेगी प्रदेश के शहरी इलाकों में अब पच्चीस अक्टूबर और ग्रामीण क्षेत्रों में पच्चीस नवम्बर से पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया जायेगा राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने पटना उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी प्रतिबंध लागू होने से पहले सरकार पॉलीथीन उत्पादक और वितरण करने वाले लोगों को अपने उत्पाद बाजार से वापस लेने के लिये समय देगी बिहार सरकार ने मुंगेर के बहुचर्चित एके सैंतालीस राईफल बरामदगी मामले की जांच एनआईए से कराने की सिफारिश की पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है मूंगेर के पूलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि तस्करों के अंतर प्रांतीय संबंधों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने ये फैसला किया है गौरतलब है कि मुंगेर से अब तक बीस एके सैंतालीस रायफल और भारी मात्रा में इसके कल पूर्जे बरामद किये गये हैं इस तस्करी में भारतीय आयुध कारखाने के कर्मचारियों की भी संलिप्तता पायी गयी है पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल से नेपाल के काठमांडू तक नई रेल लाईन बिछायी जायेगी पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि अभी मध्रबनी के जयनगर से नेपाल के जनकप्र तक रेल लाईन बिछाने के लिये सर्वे का काम चल रहा है उन्होंने कहा कि जयनगर से ही नेपाल के कुर्था तक रेल लाईन बिछाने का काम पूरा किया जा चुका है श्री त्रिवेदी ने कहा कि मोकामा के राजेन्द्र नगर सेतु के समानांतर लगभग दो किलोमीटर लंबी रेल पुल का निर्माण किया जायेगा उन्होंने कहा कि पटना के पाटिलपुत्र स्टेशन से पहलेजा घाट तक अगले दो साल के भीतर रेल लाईन के दोहरीकरण का काम पूरा कर लिया जायेगा झारखंड बिहार को पांच सौ संतानवे करोड़ रूपये से अधिक का लंबित पेंशन भुगतान करने के लिये सहमत हो गया है केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कोलकाता में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की तेईसवीं बैठक में यह फैसला लिया गया बिहार और झारखंड के विभाजन के बाद से ही यह मामला लंबित चल रहा था बैठक को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि बैठक में राज्यों के बीच लंबित तीस मामलों में से छब्बीस का समाधान कर लिया गया है उन्होंने कहा कि देश माओवादी उग्रवादी और आतंकवादी संगठनों से कभी समझौता नहीं करेगा श्री सिंह ने कहा कि सुरक्षा बल किसी भी घटना से निपटने के लिये तैयार हैं बैठक में बिहार की ओर से उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी शामिल हुए थे श्री मोदी ने कहा कि सीआरपीएफ की पांच बटालियन में से दो को वापस बुलाने के निर्णय पर भी पुनर्विचार करने का अनुरोध कोन्द्र सरकार से किया गया है इसके अलावा कोन्द्र की ओर से बीआरजीएफ अनुदान के मद में सात सौ इक्यावन करोड़ रूपये बिहार के लिये जारी करने पर सहमति दी गयी है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने बिहार सरकार को जैव चिकित्सा अपशिष्ट पैदा करने वाली इकाइयों के बारे में विस्तृत विवरण जमा करने को कहा है अधिकरण ने यह भी बताने को कहा है कि राज्य में तेईस हजार छह सौ चौरासी अस्पतालों और नर्सिंग होम से निकलने वाले कचरे से निपटने को लेकर राज्य सरकार की क्या योजना है एनजीटी के न्यायमूर्ति आरएस राठौड़ और विशेषज्ञ सदस्य एसएस गरबयाल की पीठ ने राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यकारी निदेशक को पंद्रह अक्तूबर को पेश होकर इस संबंध में जानकारियां उपलब्ध कराने और हलफनामा पेश करने को कहा इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से एनजीटी को बताया गया कि प्रदेश में जैव अपशिष्ट के निपटारे के लिए तीन संयंत्र हैं जबकि एक की स्थापना की जा रही है राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने कहा है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी जल्द दूर कर ली जायेगी श्री टंडन पटना विश्वविद्यालय के एक सौ एकवें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पटना विश्वविद्यालय में जो भी कमियां होंगी उसे जल्द से जल्द दूर किया जायेगा इस अवसर पर कुलाधिपति ने विभिन्न संकायों के टॉपर छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया प्रदेश के सभी बालू घाटों से आज से बालू का खनन और उठाव शुरू हो गया है बालू के कारोबार के लिये प्रदेश में एक हजार बहत्तर लाईसेंस जारी किये गये हैं साथ ही ओवर लोडिंग रोकने के लिये घाटों पर धर्मकांटा और ई चालान की व्यवस्था की गयी है इधर पटना जिले के मनेर में रामपुर दियारा और कोइलवर में पुलिस ने अवैध बालू खनन में लगे पैंतीस लोगों को गिरफ्तार किया है इनलोगों के पास से पुलिस ने बीस नावें भी जब्त की गई है वहीं शेखपुरा जिले के पैन गांव में अवैध बालू खनन रोकने गयी पुलिस पार्टी पर खनन माफिया ने हमला कर जब्त किये गये बालू लदे ट्रैक्टर को मुक्त करा लिया इस मामले में बीस लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी है मुजफ्फरपुर स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने बालिका गृह यौन शोषण मामले में गिरफ्तार समाज कल्याण विभाग की पूर्व सहायक निदेशक रोजी रानी समेत चार अन्य आरोपियों की रिमांड अवधि तीन दिनों के लिये और बढ़ा दी है इस मामले की अगली सुनवाई चार अक्टूबर को होगी वहीं मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और दस अन्य आरोपियों की आज विशेष पोक्सो अदालत में पेशी हुई सूचना प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क और संचार ब्यूरो द्वारा आज पटना के दीघा में स्वच्छता से जुड़े जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं और आम लोगों ने स्वच्छता अभियान के लिये श्रमदान किया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक संजीव चौरसिया और ब्यूरो के निदेशक विजय कुमार भी उपस्थित थे बेगूसराय जिला खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त हो गया है जिला प्रशासन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की आधिकारिक जानकारी में कहा गया है कि बेगूसराय जिले ने लक्ष्य से दो दिन पहले ही तीस सितम्बर को ओडीएफ जिले के दर्जा प्राप्त कर लिया प्रदेश में इस बार औसत से पच्चीस प्रतिशत कम बारिश हुई है सिर्फ नौ जिले ऐसे हैं जहां सामान्य बारिश दर्ज की गयी है जबकि बक्सर में सामान्य से अधिक बारिश हुई है मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मॉनसून के दौरान राज्य में औसतन एक हजार सताईस मिलीमीटर बारिश होती थी जिसकी तुलना में इस बार सिर्फ सात सौ इकहत्तर मिलीमीटर बारिश हुई सहरसा में सामान्य से सतावन प्रतिशत कम बारिश रिकार्ड की गयी वहीं पटना में चौंतीस प्रतिशत कम बारिश हुई है रोहतास जिले के डिहरी नगर थाना क्षेत्र के अप्सरा सिनेमा के पास मोटरसाईकिल सवार अपराधियों ने आज एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी से छह लाख रूपये लूट लिये अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है वहीं सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गौढोल गांव के पास अपराधियों ने एक बैंक के ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक को गोली मारकर जख्मी कर दिया स्थानीय लोगों की तत्परता के चलते अपराधी लूट की घटना को अंजाम नहीं दे सके रोहतास जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के राजपुर गांव से पुलिस ने कुख्यात नक्सली राजेश शर्मा उर्फ तूफानी को गिरफ्तार किया है कैमूर और अररिया जिले में अलग अलग स्थानों पर पुलिस और उत्पाद विभाग ने जब्त की गयी तेरह हजार से अधिक लीटर शराब नष्ट कर दी वहीं अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड के ड्रबा पंचायत से एक सौ बीस लीटर स्प्रीट जब्त की गयी है मधेपुरा जिले के आलनगर थाना क्षेत्र के बजराहा गांव में तालाब में ड्रबकर एक किशोरी की मौत हो गयी